मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश में खाद्य प्र संस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कल नई दिल्ली में इंडस्ट्रीयल राउंड टेबल कान्फ्रेंस के दूसरे सत्र में जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर और भोपाल में फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पेरिशेबल कमोडिटी हब की स्थापना की जाएगी इसी तरह कृषि विपणन के क्षेत्र में हुए बदलावों के अनुरूप मण्डी अधिनियम में भी संशोधन किए जाएंगे कान्फ्रेंस में खाद्य प्र संस्करण क्षेत्र से जुड़े प्रमुख उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश में निवेश के प्रति गहरी दिलचस्पी दिखायी अडानी ग्रप पेप्सिको और कोका कोला कंपनी ने प्रदेश में निवेश की घोषणाएँ भी की मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश को देश की उद्यानिकी राजधानी बनाना हमारा लक्ष्य है उन्होंने कहा कि यही एक मात्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके जरिए हम अपनी अर्थ व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं किसानों की आय को दोगुना कर सकते है मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हम प्रदेश में एक अलग नीति बनाने जा रहे है मोदी वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे इस यात्रा के दौरान श्री मोदी श्रीजगदगुरू विश्वाराध्य गुरूकल के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे

बाद में प्रधानमंत्री कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे

श्री मोदी आईआरसीटीसी की महाकाल एक्सप्रेस को वीडियो लिंक के जरिये इांडी दिखाकर रवाना करेंगे यह रेलगाड़ी वाराणसी उज्जैन और ओंकारेश्वर स्थित तीन ज्योर्तिलिंग तीर्थ केन्द्रों को जोड़ेगी यह देश की पहली प्राइवेट रेलगाड़ी होगी जो रातभर में यह सफर तय करेगी

इस महोत्सव का शुभारंभ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया जायेगा कार्यकम में पर केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटैल केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते केन्द्रीय आदिवासी विकास मंत्री रेणुका सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस उपराष्ट्रपति द्वारा महोत्सव का शुभारंभ किए जाने के पश्चात् सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे इस सांस्कृ तिक कार्यक्रम में जिसमें प्रदेश के आदिवासी नृतक दलों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जायेंगी कार्यक्रम के द्वितीय दिवस संगोष्ठी महिलाओं की चित्रकला मेंहदी रंगोली तथा खेलकृद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

अब छात्र निर्धारित षुल्क के साथ जिस कियोस्क से आवेदन परीक्षा आवेदन भरे थे वहीं से त्रटि सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे

ये प्रवेष पत्र परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्य रहेंगे सम्मान योजना कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के हितग्राही किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए के लिए जिले में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं इन षिविरों में पंजीकृत किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के अलावा कार्ड की ऋण सीमा बढ़ाने की भी कार्यवाही की जाएगी ये जानकारी जिला पंचायत में आयोजित एक बैठक में दी गई लोकसेवा गारंटी अधिनियम इंदौर जिले में भूमाफियाओं से आमजन को बचाने के लिए जिला प्रषासन ने एक नई रणनीति तैयार की है इसके तहत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निवेशकों और प्लाट खरीदारों के लिए एक नई सेवा षुरु किया जाना प्रस्तावित है कलेक्टर लोकेष कुमार जाटव ने बताया कि इस नई सेवा के तहत एक निश्चित शुल्क जमा करने के बाद आवेदक प्लाट या भूखंड की कॉलोनी सेल नगर निगम राजस्व विभाग और नगर एवं ग्राम निवेश में वास्तविक स्थिति जान सकेगा इस नई सेवा के प्रस्ताव के लिये जिला प्रषासन ने एक समिति गठित की है मौसम हवाओं का रुख बदलने से राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में अब ठंड कम होती जा रही है बीते चार दिनों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि भले ही अभी गर्मी बढ़ रही हो लेकिन अभी ठंड का दौर दोबारा आ सकता है

इसमें प्रभारी मंत्री महेन्द्र सिंह किसानों को फसल ऋणमाफी प्रमाण पत्रों का वितरण करेंगे

इसमें मोतियाबिंद के मरीजों की जांच कर उपचार किया जायेगा